उन्होंने कहा कि भारत इस कोष की शुरूआत करने के लिए एक करोड़ डॉलर दे सकता है श्री मोदी ने कहा कि भारत चिकित्सकों और विशेषज्ञों की एक रैपिड रिस्पांस टीम बना रहा है

श्री मोदी ने कहा कि भारत में वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस पोर्टल स्थापित किया है उन्होनें कहा कि सार्क देश क्षेत्र में महामारियों पर नियंत्रण के लिए हो रहे शोध के वास्ते एक कॉमन रिसर्च प्लेटफार्म बना सकते हैं

उन्होंने बताया कि लगभग एक हजार चार सौ भारतीय विभिन्न देशों से स्वेदश लाए गए हैं श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राज्य सरकार भी सतर्कता बरत रही है कोरोना वायरस से बचाव को लेकर किए जाने वाले उपायों पर विचार विमर्ष के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है जिसमें कई अहम निर्णय लिये जा सकते हैं इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे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 लोगों को बडी सभाओं में हिस्सा लेने से बचना चाहिए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 सभी व्यक्तियों को बार बार साबन पानी से हाथ धोने चाहिए अथवा अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलने चाहिए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 इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए ब्रुखार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें अथवा मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

केंद्र सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विधायी उपायों सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं पिछले कुछ वर्षों में केंद्र ने एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं

यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अधिक जवाबदेही प्रदान करता है साथ ही किसी भी सरकारी या निजी संस्थाओं में भर्ती और पदोन्नति सहित रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करता है लोहरदगा जिले में पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है

दो दिनों के अवकाष के बाद आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन में प्रष्नोत्तर काल शून्य काल और बजट पर सामान्य वाद विवाद होगा मुख्यमंत्री प्रष्नोत्तर काल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के प्रष्नों का जवाब सदन में देंगे मुख्यमंत्री प्रष्नोत्तर काल सदन के चलते सत्र में प्रत्येक सोमवार को आयोजित किया जाता है यह पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई सरकार बनने के बाद सदन में मुख्यमंत्री प्रष्नोत्तर काल के दौरान जवाब देंगे दूसरी पाली में बजट पर चर्चा होगी झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी राज्य की दो राज्यसभा सीटों के लिए तीन नामांकन दाखिल किये गए हैं भाजपा से दीपक प्रकाष झामुमो से षिब् सोरेन और कांग्रेस से शहजादा अनवर ने नामांकन किया है

ग्मला के उपायुक्त शशि रंजन ने जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक की

द्मका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के कौवामहल गांव में लूट पाट को अंजाम देने वाले छह डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा एक जिंदा कारतूस तीन चाक सहित लूटे गए जेवर सहित कई सामान बरामद किया है पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे सभी लुटेरों को ग्रामीण के सहयोग से पुलिस ने हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया

उसके पास से साढे सात किलोग्राम अफीम पंद्रह हजार नगद रूपये एक मोबाइल और दो इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र भी बरामद किया गया है